मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समी आवश्यक कदम उठाने को कहा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के चार हज़ार एक सौ चौसठ नये मामले सामने आए राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाएं बढ़ाई

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी ने कहा कि कोवडि संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पांच स्तरीय रणनीति जांच पहचान उपचार कोविड दिशा निर्देश और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्वता से लागू करना चाहिए बैठक के दौरान उन्होंने जनता के बीच कोविड प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिया प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया कोविड व्यवहार के लिए इस महीने की छह तारीख से लेकर चौदह तारीख तक एक विशेष अमियान चलाया जाएगा जिसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविघाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड की रोकथाम के उपायों का प्रमावी क्रियानवयन के अलावा सक्रिय मामलों के पहचान के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन पर भी जोर दिया

इसके अलावा आने वाले दिनों में अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता जांच की उचित व्यवस्था और समय पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ कोविड व्यवहार को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यू दर में कमी लाने और इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने पर भी जोर दिया बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव गृहसचिव स्वास्थ्य सचिव तथा वैक्सीन पर उच्चाधिकार समूह के अध्यक्ष शामिल थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल छह अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे श्री मोदी सुबह साढ़े दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी भाषण देंगे इस अवसर पर पार्टी देश में समी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीति और नरेन्द्र मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ग्राम पंचायत तथा म्यूनिस्पिल वार्ड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन कर उन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड संक्रमण की रोकथाम उपचार तथा टीकाकरण की प्रगति के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से प्रदेश में आ रहे समी लोगों की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है उन्होंने संक्रमित व्यक्ति से संबंधित पच्चीस लोगों की टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा कि इससे कोरोना के प्रसार को रोकने में काफी मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में मास्क एक महत्वपूर्ण दूल है इसलिए लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए कहा जाए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेडों की व्यवस्था तथा दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को मी कहा है उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड अस्पतालों में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कन्ट्रोल सेन्टर में बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है टीकाकरण कार्य के प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने समी जनपदों में प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित टीकाकरण के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या उन्नीस हजार सात सौ अड़तीस हो गई है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के चार हजार एक सौ चौसठ नये मामले सामने आये हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सभी तैयारी करें हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि सात अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य सरकार उन लोगों के लिए एक लकी ड्रॉ आयोजित करेगी जिन्होंने टीका लिया है राज्य सरकार टीकाकरण को बढ़ावा दे रही है और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक से अपील की है कि वे आगे आएं और टीका लगवाएं क्योंकि यह स्रक्षित है और कोरोनावायरस के खिलाफ एक कवच प्रदान करता है प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल शाम समाप्त हो गयी राज्य के अट्ठारह ज़िलों में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हुई थी और कल शाम पांच बजे तक चली पहले चरण के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की जांच आज और कल होगी उम्मीदवार सात अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवारों को उसी दिन प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जायेंगे सोनमद्र ज़िले में अनपरा स्थित लैंको परियोजना की दूसरी इकाई में ब्वायलर अनुरक्षण कार्य के दौरान कल सुबह शटरिंग गिरने से कई मजदूर उसकी चपेट में आ गये घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इनमें से पांच मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिला प्रशासन ने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को राहत कार्य संचालित करने और घायलों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को दुर्घटना की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवती सिंह का कल सुबह लखनऊ में निधन हो गया वह नवासी वर्ष के थे और काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे वर्ष उन्नीस सौ सतहत्तर में पहली बार महोना से विधायक बनने पर वह प्रदेश के आवास विकास मंत्री बनाये गये थे